सीबीएसई ने कहा है कि रद्द परीक्षाओं में छात्रों का मूल्यांकन इन दोनों कक्षाओं के परिणामों के लिए बनाई गई सक्षम समिति के सुझावों के अनुसार किया जाएगा बोर्ड ने बताया है कि जिन छात्रों ने तीन से अधिक विषयों में परीक्षाएं दी हैं उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले तीन विषयों में प्राप्त अंकों के औसत अंक उन विषयों के लिए दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं जिन छात्रों ने केवल तीन विषयों में की परीक्षाएं दी हैं उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले दो विषयों के औसत अंक बाकी की परीक्षाओं के लिए दिए जाएंगे जिन छात्रों ने केवल एक या दो विषयों में परीक्षा दी है उनका परिणाम परीक्षा वाले विषय तथा आतंरिक प्रायोगिक और परियोजना परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में परीक्षण और उपचार सुविधाओं में वृद्धि शारीरिक दूरी का पालन करने और फीवर क्लीनिक चलाने जैसे उपायों से कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में सफल रहा है

बड़वानी में कल चार लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है

इस वर्ष का विषय है बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी यह दिन प्रतिवर्ष मादक पदार्थो के सेवन को लेकर समाज में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है प्रदेश के कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है खंडवा जिले में इस विषय पर ऑनलाइन तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

श्री चौहान ने ट्वीट के जरिए दुःख जताते हुए कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति दे और मृतकों के परिजनों को इस पीड़ा सहने की शक्ति दे